बैठक में बेहतर तालमेल के लिये चर्चा की गई

तेज़ अंधड़ चलने से आग लगने की घटनाओं के भी समाचार है लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिये अधिसूचना आज जारी हो गई है

इस चारण में हरियाणा की दस और दिल्ली की सात सीटों के लिये मतदान होगा

लोकसभा च्नावों के छठे चरण की अधिस्चना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया श्रू हो गई है अम्बाला में आज कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया के उम्मीदवार अरूण क्मार ने नामांकन दाखिल किया यमुनानगर जिले से टोही जट्टान बिलासप्र के रहने वाले अरूण कुमार सीपीआई की राज्य परिषद के सदस्य और जिला यम्नानगर के प्रधान भी है रोहतक में भी आज नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर आफ इंडिया पार्टी के उम्मीदवार जयकरण मोडोठी ने अपना नामांकन भरा एस यू ई ई हरियाणा में चार सीटों पर च्नाव लड़ रही है नामांकन दाखिल करने के बाद जयकरण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस सहित सभी दल नये नये वादे लोगों को झांसा दे रहे है और वास्तविक म्द्दों से भटका रहे है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वास्तविक मुददों पर च्नाव लड़ेगी उधर करनाली में पहले किसी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया ग्रूग्राम में जय कंवर त्यागी ने नामांकन पत्र दाखिल किया

सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र को नोटिस जारी करके मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में जाकर नमाज़ अदा करने की इजाजज मांगने सम्बधी याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है न्यायमूर्ति शरद बोवडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं के वकील को बताया कि इस मामले को स्ना जायेगा क्यूंकि सर्वोच्च न्यायायल ने सबरीमाला मंदिर मामले मे भी अपना फैसला दिया है याचिका मे एक जोड़े ने सर्वोच्च न्यायालय को यह आदेश देने की विनती की है कि मस्जिद मे महिलाओं को जाने से रोकना गैर संवैधानिक है नगर विमानन मंत्री स्रेश प्रभ् ने संषर्घ कर रही जेट एयरवेस के बढ़ रहे किराये और उड़ाने रद्द करने सहित सभी मुद्दों की समीक्षा करने को कहा है श्री प्रभ् ने नगर विमानन सचिव को भी कहा है कि यात्रियों के अधिकारों और सुरक्षा के लिये जरूरी कदम उठाये जाये टिवीटर के माध्यम से यह जानकारी देते हये श्री प्रभ् ने यात्रियों की भलाई के लिये सभी सम्बधित पक्षों के साथ काम करने को कहा है गहरे वितीय संकट से जूझ रही है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अस्थाई रूप से रद्द करने के इलावा दस से भी कम विमान उड़ान रही है चंडीगढ़ के म्ख्य च्नाव अधिकारी श्री अजय क्मार सिन्हा ने आज चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट के लिये च्नावी तैयारियों की समीक्षा की उनकी अध्यक्षता मे हुई बैठक में च्नाव विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया बारे चर्चा की गई और ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की कार्यशैली पर एक प्रस्त्र्ति भी दी गई

बैठक में ऐसोसिएशन के साथ स्वीप कार्यक्रम के तहत की जाने वाली गतिविधियों विचार विमर्श किया गया

ग्रूग्राम के पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील ने यह जानकारी देते हये बताया कि च्नावों के दृष्टिगत तमाम राज्यों की प्लिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेन में जुटी है

श्री अकील ने बताया कि अंर्तराज्यीय प्लिस टीमों दवारा मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी सांझी की गई ताकि शांतिपूर्ण तरीके से च्नाव कराने मे मदद मिल सकें हरियाणा राज्य व्यपारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शिवकुमार जैन ने कहा है कि किसान और आढ़ती एक दूसरे के पूरक है चुनावों के बाद व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलकर उनसे ई खरीद की जगह आढ़तियों के माध्यम से खरीद करवाने की मांग करेगा उन्होंने कहा कि ई खरीद में कई कमियां है व्यपारी के खाते मे फस्ल की अदायगी होगी और व्यापारी ही किसान को भ्गतान करेगा पत्रकारों से बातचीत मे उन्होंने कहा कि म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने समग्र विकास पर ध्यान दिया है ई खरीद पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जायेगी हरियाणा के म्ख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए हरियाणा में पहली बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सखी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे जिनका संचालन केवल महिलाओं दवारा किया जाएगा

इस पहल से यह संदेश जाएगा कि महिलाएं न केवल च्नाव में भाग ले सकती हैं बल्कि चुनाव को भी बहूत अच्छी तरीके से करवा सकती हैं श्री रंजन ने चंडीगढ़ मे बताया कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं इस बार महिलाओं की मतदान प्रतिशतता बढ़े इसके लिए महिलाओं को जागरुक करने के लिए निरंतर कार्यकम चलाए जा रहे हैं उन्हांने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था होगी

उन्होंने कहा कि दिव्यांग महिलाओं के लिए मतदान केंद्र तक लाने और वापिस घर छोडऩे के लिए वाहन की स्विधा उपलब्ध करवाई जाएगी

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा के प्रख्ता इंतजाम किये जाएंगे ताकि महिलाएं बिना किसी संकोच और भय के बड़ी संख्या में मतदान करने आगे आएं पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में आज तड़के कई जगह हलकी से दरमियानी बारिश हई

ल्धियाना और बिडंठा से भी दरमियानी बारिश होने के समाचार है

आज दोनों प्रदेशों और चंडीग में धूल भरी आंधी भी चली पंजाब हरियाणा से मिली जानकारी के अन्सार यमुनानगर फरीदाबाद सहित कई जगह तेज़ अंधड़ के कारण बिजली ग्ल रही

मौसम के बदलते मिजात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है अब तक फसल की कटाई जारी है तो बे मौसमी बरसात से न्कसान होने का अंदेशा है अंधड़ चलने से खेतों में खड़ी फसल को आग लगने की घटनायें भी समाने आने लगी है हरियाणा में करनाल देर रात आई आंधी और तूफान से करनाल के निसिंग कस्बे मे छ एकड़ गेहं की खड़ी फसल जल कर राख हो गई वहीं अट्ठारह एकड़ गेहूं के फाने आग की भेंट चढ़ गये यम्नानगर में तेज़ हवाओं से जगाधरी इलाके में प्लाईव्ड की दो फैक्ट्रियों में आग लग गई जिसमें लाखों की प्लाई जलकर राख हो गई यम्नानगर जिले के कई इलाकों में अंधड़ के कारण सात घंटे बिजली ग्ल रहने की खबर है

मैच रात आठ बजे श्रू होगा

कल म्म्बई इंडियन ने बैंगलूर के साथ खेले आठवें मैच में उसे पांच विकटों से हराकर जीत दर्ज की म्म्बई इंडियनस ने बैंगलूर से कुल सात मैच जीते है